समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश में आयोजित इंवेस्टर समिट के दौरान राज्य में डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी और डिफेंस कॉरिडोर की दृष्टि से प्रदेश देश का महत्वपूर्ण स्थल होगा श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदलने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं जिसका फायदा धीरे धीरे अब मिलने लगा है उन्होंने कहा कि यहां सुरक्षा का माहौल बना है तथा निवेशकों की समस्याओं का निराकरण कर सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से उन्हें आकर्षित किया गया है इंवेस्टर समिट के दौरान राज्य में चार लाख अड़सठ हजार करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे और उद्यमियों ने यहां निवेश करने में बड़ी रूचि दिखाई है उन्होंने कहा कि दिसम्बर माह में लगभग एक लाख करोड़ रूपये का निवेश प्रदेश में होने जा रहा है

डिफेंस एक्सपो का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रदेश के निजी क्षेत्र के उद्यमियों का सहयोग प्राप्त करना था एक्सपो में एचएएल डीआरडीओ सहित रक्षा जरूरतों से संबंधित कई स्टॉल लगाये गये थे राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने क लिए सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि उच्च शिक्षा दिलाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि प्रूष और महिला समाज के दो महत्वपूर्ण घटक है दोनों घटक जब सशक्त होंगे तभी विकास होगा

उन्होंने कहा कि महिला संस्कारवान समाज का निर्माण करती है श्री नाईक ने लोगों से महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान करने का आहवान किया उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा दो हजार सोलह का परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया है इस परीक्षा में छह सौ ततीस पदा के सापेक्ष एक हजार नौ सौ तिरानवे अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल हुए हैं गौरतलब है कि मुख्य परीक्षा में बारह हजार नौ सौ एक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था साक्षात्कार की तिथि बाद में घोषित की जायेगी केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने कहा है कि गंगा की स्वच्छता के लिए सरकारी प्रयासों के साथ जन सहभागिता की बहुत आवश्यकता है सुश्री उमा भारती आज कन्नौज में गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन को संबोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि गंगा के किनारे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जायेगा उन्होंने कहा कि देश में जैविक उत्पादों का बड़ा बाजार है और जैविक खेती से किसान कई गुना अधिक मुनाफा कमा सकते हैं पर्यावरण संतुलन के लिए गंगा के किनारे गांवों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण कराया जायेगा

राज्य की एक सौ उन्नीस चीनी मिलों में से छिहत्तर ने गन्ना पेराई का काम शुरू कर दिया है अन्य चीनी मिले भी पच्चीस नवम्बर तक चालू हो जायेंगी

उन्होंने बताया कि इस वर्ष चीनी मिलों को जल्द पेराई श्रू करने के निर्देश दिये गये थे जिसके चलते अक्टूबर माह के अन्तिम सप्ताह में पेराई का काम शुरू हो गया था प्रदेश में ट्रेन के यात्री अब किसी भी घटना की शिकायत डॉयल हन्ड्रेड पर कर सकेंगे वे सौ नम्बर डॉयल कर एक पुलिस सहायता फायर ब्रिगेड तथा जीआरपी से सहायता प्राप्त कर सकेंगे प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने इस सेवा का श्रभारम्भ कल लखनऊ में किया उन्होंने बताया कि राज्य में रेल यात्री सोशल मीडिया प्लेटफार्म मोबाइल ऐप वेबसाइट और एसएमएस के माध्यम से भी पुलिस सहायता ले सकते हैं इस डॉयल हन्ड्रेड सहायता सेवा के अन्तर्गत यात्रियों की लोकेशन अपने आप पता चल जायेगी तथा आवश्यकतानुसार सहायता टीम उनके पास स्वयं पहुंच जायेगो

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा

अयोध्या में प्रसिद्द कार्तिक पूर्णिमा मेले का पहले चरण के अन्तर्गत चौदह कोसी परिक्रमा का कार्यक्रम कड़ी स्रक्षा के बीच आज प्रातःकाल से शुरू हो गया यह परिक्रमा कल सुबह तक जारी रहेगी इस अवसर पर बड़ी संख्या में सरयू स्नान के बाद श्रद्वालुओं का रामजन्मभूमि कनक भवन हनुमानगढ़ी आदि मंदिरों में दर्शन पूजन का क्रम जारी है

नंगे पाँव श्रद्धालुओं के बीच संतों की टोलियां परिक्रमार्थियों को उर्जा प्रदान कर रहीं हैं तो धार्मिक आस्था की डगर में महिलाओं बच्चों के साथ साथ वयोवृद्ध भी शामिल हैं द्य स्वयंसेवी संगठनों ने जगह जगह शिविर लगाये हैं और प्रशासन क्लोस सर्किट टी वी के माध्यम से सम्पूर्ण मेला क्षेत्र पर नजर रखे हुए है राजेंद्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या मिर्जापुर में बेरोजगार युवाओं को अपने कैरियर का चूनाव करने और उसके बारे में प्रशिक्षण देने के लिए मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना की जायेगी सेंटर की स्थापना के लिए केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को इक्कीस लाख चौंतीस हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की पहल पर खुलने वाले इस कैरियर सेंटर से बेरोजगार यवा ऑन लाइन भी काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे इस केन्द्र पर देशभर के जाने माने काउंसलर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुना जा सकेगा प्रदेश में कौशल विकास योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाये जाने का क्रम जारी है कन्नौज जनपद में कल आयोजित किये गये रोजगार मेले में तीन सौ पचास से अधिक यूवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य नागेन्द्र सिंह ने बताया कि इस मेले में सोलह कम्पनियों ने पंजीकृत नौ सौ सैंतीस युवाओं का साक्षात्कार किया था जिनमें से तीन सौ पैंसठ को नौकरो के लिए चयनित कर लिया गया है प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे और प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया ने आज नई राजनैतिक पार्टी बनाने की घोषणा कर दी लखनऊ में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई पार्टी के गठन के लिए चुनाव आयोग को तीन नाम भेजे गये हैं और औपचारिकतायें पूरी होते ही पार्टी का नाम तय हो जायेगा उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा के मेले की तैयारियां जोरो पर है आज गोपाष्टमी से शुरू होने वाले इस मेले की पौराणिक महत्ता है